उन्होंने कहा कि भारत केवल एक बाजार नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा अवसर भी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह डिफेंस एक्सपो भारत की विशालता व्यापकता विविधता और विश्व में उसकी विस्तृत भागीदारी का सबूत है बाइट भारत सिर्फ एक बाजार ही नहीं है भारत पूरे विश्व के लिए एक अपार अवसर भी है मानव जीवन का इतिहास जितना पुराना है सुरक्षा की चुनौतियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है इन चुनौतियों के स्वरूप में कारणों में उनसे निपटने के तरीकों में भी परिवर्तन समय समय पर दुनिया ने देखे हैं जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है सुरक्षा की चिंताएं और चुनौतियां और अधिक गंभीर होती जा रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारत के युवाओं के लिये बहुत बड़ा अवसर है मेक इन इंडिया से भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नये अवसर भी बनेंगे बाइट आज का यह अवसर भारत की रक्षा सुरक्षा की चिंता करने वालों के साथ पूरे भारत के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है मेक इन इंडिया से भारत की सुरक्षा बढ़ेगी वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नये अवसर भी बढ़ेंगे और इससे भविष्य में डिफेंस एक्सपो को भी बल मिलेगा

इस बात का भी यह सबूत है कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत एक संशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा हैं यह एक्सपो सिर्फ डिफेंस से संबंधित उद्योग में ही नहीं बल्कि समग्र रूप से भारत के प्रति दुनिया के विश्वास को भी प्रकट करता है

तकनीक आतंकवाद और साइबर खतरों का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिये बड़ी बाधा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिफेंस मैन्यूफैक्वरिंग के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं है उन्होंने कहा कि यहां टेलेंट है और टेक्नोलॉजी भी है यहां इनोवेशन है और इन्फ्रास्टक्चर भी है श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का एक प्रमुख एयरोस्पेस रिपेयर एंड ओवरहाल हब बनाने की क्षमता रखता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने भारत में रक्षा उत्पादों की स्वदेशी करण का सपना देखा था और इसके लिये कई कदम उठाये गये थ उन्होंने कहा कि श्री अटल जी के विजन पर चलते हुए भारत ने अनेक रक्षा उत्पादों के निर्माण में तेजी हासिल की है प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पाद को लेकर हमारी सोच किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है भारत हमेशा से ही विश्व शांति का भरोसेमंद पाटर्नर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में दो बड़े डिफेंस मैन्युफैक्वरिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा हैं जिसमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बन रहा है उदघाटन समारोह में प्रधानमंत्री एवं अन्य उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कहा कि डिफेंस एक्सपो का लखनऊ में आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच का परिणाम है रक्षामंत्री ने कहा कि यह डिफेंस एक्सपो पिछले डिफेंस एक्सपो से काफी खास है ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के लिए डिफेंस एक्सपो का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए एक बेहतर गंतव्य बना है

और जानकारी हमारे संवाददाता से भारतीय वायु सेना के जांबाज लड़ाकू विमानों ने लखनऊ के आसमान में शानदार करतब दिखाते हुए युद्ध की परिस्थिति में अपने कौशल का नमूना पेश किया डिफेंस एक्सपो के दौरान युद्ध और आतंकी हमले से निपटने की क्षमता के लाइव डेमो प्रदर्शन का गवाह प्रधानमंत्री भी बने बाद में प्रधानमंत्री ने इंडिया पवेलियन का भी दौरा किया और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को देखा

आज पहला समझौता पत्र हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल डीडीटी के बीच हुआ जिसके तहत द्रोण उपकरणों को विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की जाएगी

एक्स्पो की श्रुआत से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की और उनके दल का डिफेंस एक्सपो में स्वागत किया सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इससे पूर्व रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाइक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और डिफेंस एक्सपो में आये सभी अतिथियों का स्वागत किया इस दौरान एरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग हब पर केन्द्रित एक शार्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे

डिफेंस एक्सपो पांच से सात फरवरी तक आमंत्रित लोगों के लिये खूलेगा जबकि आठ और नौ फरवरी को इसे आम जनता के लिये खोला जायेगा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

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है

बाइट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राममंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रियाओं पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार केन्द्र सरकार ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है

मन्दिर संबंधी सभी फैसलों के लिए ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र होगा

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार की सहायता से स्थापित किये गये अयोध्या बस्ती बहराइच शाहजहांपुर और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेजों में पीएमएस संवर्ग के शिक्षिकों को उनकी योग्यता के अनुरूप पोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिनिय्क्तियों पर नामित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है